दरभंगा की भावना कंठ और मुंगेर की बीना देवी भी हुई सम्मानित

पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी में अस्सी लाख रूपये की शराब बरामद

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है यह दिवस समाज में लैंगिक समानता लाने महिलाओं की उपलब्धियां उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस वर्ष महिला दिवस का थीम है स्त्री प्रुष समानता की पीढ़ी महिला अधिकारों का सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि यह दिवस बेहतर समाज राष्ट्र और विश्व के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके अथक प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है उन्होंने कहा कि हरेक व्यक्ति को महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लेना चाहिए ताकि वे अपनी आशा आकांक्षाएं प्ररी करने की दिशा में ओर आगे बढ़ सकें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को सलाम किया है उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों से महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने और स्त्रियों के लिए अधिक समानतापूर्ण विश्व के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति भवन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंद्रह महिलाओं को नारी शक्ति प्रस्कार से सम्मानित किया पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं में मुंगेर की बीना देवी और दरभंगा की भावना कंठ भी शामिल हैं मशरूम महिला के नाम से प्रसिद्ध मुंगेर जिले के टेटियाबंबर प्रखंड के धौरी पंचायत की रहने वाली बीणा देवी पिछले पांच सालों से जैविक तरीके से मशरूम की खेती कर महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं वहीं दरभंगा जिले के धनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव की रहने वाली भावना कंठ देश की पहली महिला फाईटर पायलट हैं इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन के साथ अन्य मंत्रालयों के मंत्रीगण उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाद में अपने निवास पर नारी शक्ति प्रस्कार विजेताओं से बातचीत की

श्री मोदी ने आज महिला दिवस के अवसर पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट इन महिलाओं के हाथों सौंप दिया था इन महिलाओं ने ट्विटर पर लोगों के साथ अपने यादगार लम्हों को साझा किया और अपनी कहानी बताकर लोगों को प्रेरित किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश और देश की महिलाओं को बधाई और श्रभकामनायें दी है मुख्यमंत्री ने महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये कहा है कि महिलायें समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और वे अपनी प्रतिभा के बलबूते विभिन्न क्षेत्रों में अलग पहचान बना रही हैं मुख्यमंत्री ने बीना देवी और भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर बधाई और शुभकामनायें दीं हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को इन दोनों की उपलब्धियों पर गर्व है महिला दिवस के अवसर पर आज पथ परिवहन विभाग ने पटना में सिटी बसों में महिलाओं के लिये मुफ्त यात्रा की सुविधा दी वहीं पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर फ्लाईट कंट्रोल ओर फ्लाईट संचालन की जिम्मेदारी महिला कर्मियों ने संभाली इधर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों में कई स्थानों पर महिला कर्मियों ने ट्रेन परिचालन के अलावा विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया अंतरर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शेखपुरा बक्सर पश्चिम चम्पारण वैशाली रोहतास कटिहार शिवहर पूर्वी चम्पारण और औरंगाबाद जिले के साथ अन्य जिलों में महिला पुलिस कर्मियों को उत्कष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया आरा के वीर कूंअर सिंह विश्वविदयालय में जिला विधिक सेवा के तहत एक दिवसीय संगोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया मध्रबनी में विकास आयुक्त ने पचास महिला शिल्पियों के बीच टूल किट का वितरण किया नवादा में पुलिस विभाग की महिलाओं के लिए मुफ्त कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया एनडीआरएफ के बिहटा और दानापुर कैम्पस में महिलाओं और बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारियाँ दी गई बेगूसराय में मुफसिल थाना क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को थाना अध्यक्ष बनाकर उन्हें थाना के कार्य को संचालित करने का अवसर प्रदान किया गया पटना साहिब के सासंद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज अपने ससंदीय क्षेत्र में महिलाओं के साथ एक मुलाकात कार्यक्रम में भाग लिया इस क्रम में श्री प्रसाद ने महिलाओं को केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया पूर्वी चम्पारण जिले के मूफस्सिल थाना क्षेत्र के जमला गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक से सात सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने बताया कि बरामद शराब की कीमत लगभग अस्सी लाख रूपये है उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान फरार शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है इधर दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के सिमरी बाजार से पुलिस ने एक वाहन से नौ सौ साठ बोतल विदेशी शराब के साथ पांच कारोबारियों को गिरफ्तार किया है वहीं अररिया जिले के कुसमाहा सीमा पर एसएसबी के जवानों ने आठ सौ बोतल से अधिक नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया प्रदेश सहित देशभर में आज से पोषण पखवाड़ा का दूसरा चरण प्रारम्भ हुआ बाईस मार्च तक चलने वाले इस आयोजन का मुख्य विषय भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने में प्रुषों की भूमिका से संबंधित है समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की विशेष महत्व की इस योजना को दो हजार अठारह में आज ही के दिन शुरू किया गया था इसका उद्देश्य देश में चरणबद्ध तरीके से कुपोषण की समस्या का समाधान करना है केन्द्र सरकार की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना के तहत पिछले पाँच वर्षों में अल्पसंख्यक वर्ग की दो करोड़ से अधिक महिलाएँ लाभान्वित हुईं हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी बिहार पुलिस संगठन के सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए दूसरे चरण की परीक्षा आज प्रदेश के चार सौ से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई पटना में सैंतीस केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे परीक्षा में लगभग छह लाख अभ्यर्थी शामिल हुए अरवल और नालंदा में कदाचार और द्रसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में बीस से अधिक परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है पटना सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में चक्रवाती हवा सक्रिय है जिसके कारण पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया के फारबीसगंज में चार सेंटीमीटर पूर्णियां तथा सुपौल के बीरपुर में एक दशमलव छह सेंटीमीटर और वैशाली में एक सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं सीवान के दरौली और दरभंगा के कमतौल में भी हल्की बारिश हुई है मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश की सम्भावना जतायी है पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र कें श्रीपुर रामपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हो गयी जमुई जिले के सदर थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव से अज्ञात अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से लगभग नब्बे लाख रुपए लूट लिये बेगूसराय के सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि बेगूसराय और सामहो के बीच गंगा नदी पर दो हजार बाईस तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में एनसीसी के सी सर्टीफिकेट की लिखित परीक्षा आयोजित की गई परीक्षा में बारह जिलों के पांच सौ से अधिक कैडेट शामिल हुए

दरभंगा की भावना कंठ और मुंगेर की बीना देवी भी हुई सम्मानित

पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी में अस्सी लाख रूपये की शराब बरामद